प्रदेश के विभिन पंचायतों के खाली पड़े एक हजार नौ सौ अड़तीस पदों के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है

मतों की गिनती बारह मार्च को होगी मतदान को देखते हुए आयोग कार्यालय में एक हेल्प डेस्क की शुरूआत की गयी है जिसका टेलीफोन नम्बर शून्य छह एक दो दो पांच शून्य छह आठ चार चार है यह हेल्पलाईन नम्बर मतगणना के दिन भी सुबह साढ़े छह बजे से शाम साढ़े सात बजे तक काम करेगा निवार्चन आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने उम्मीदवारों और नेताओं को सलाह दें कि वे चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापनों में रक्षाकर्मियों के चित्रों का इस्तेमाल नहीं करें आयोग ने इस बारे में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है आयोग ने पत्र में कहा है कि इस विषय पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि क्छ पार्टियां अपने राजनीतिक प्रचार अभियान में रक्षाकर्मियों के फोटो का इस्तेमाल कर रही हैं आयोग ने दो हजार तेरह के अपने परामर्श का उल्लेख करते हुए कहा है कि उसने तब कहा था कि लोकतंत्र में सशस्त्र बल गैर राजनीतिक और निष्पक्ष होते हैं आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता सशस्त्र बलों का कोई उल्लेख करते हुये भी पूरी सावधानी बरतें लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सरकारी और विभागीय वेबसाइट से मंत्रियों की तस्वीरें हटा दी जायेंगी पटना में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी कुमार रवि ने ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जिले में लगे बैनर पोस्टर को भी चौबीस घंटे के भीतर हटा दिया जायेगा इसके साथ ही राजनीतिक कार्यों के लिये सर्किट हाउस गेस्ट हाउस और निरीक्षण भवनों की बुकिंग भी बंद हो जायेगी जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूल खुले रहने पर किसी भी स्थिति में परिसर में राजनीतिक दलों को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी स्कूल की दिवारों पर किसी भी तरह का नारा चुनाव चिन्ह और पोस्टर बैनर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा भाजपा संसदीय बोर्ड ने लोकसभा चुनाव में पचहत्तर साल से अधिक उम्र के नेताओं को भी टिकट देने का फैसला किया है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित साह की मौजूदगी में हुयी बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि सांसदों को उनके पांच साल के प्रदर्शन के आधार पर ही दोबारा टिकट देने फैसला होगा प्रदेश के सभी गर्ल्स होस्टल का बिहार राज्य महिला आयोग के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर आयोग ने यह कदम उठाया है आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने कहा कि होस्टल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर होस्टल को बंद करने का निर्देश भी दिया जा सकता है राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस स्तर के चार अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार मुंगेर नगर निगम के आयुक्त डॉ श्यामल किशोर पाठक को राजस्व और भूमि सुधार विभाग पटना में स्थानांतरित किया गया है बी कार्तिकेय धनजी को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबन्धन विभाग में उत्पाद आयुक्त सह निबन्धन महानिरीक्षक संजय कुमार पंसारी को बिहार विकास मिशन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदस्थापित किया गया है वहीं श्रीकांत शास्त्री को मुंगेर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है प्रदेश में रबि मौसम में डीजल भूगतान के लिये किसान पंद्रह मार्च तक आवेदन कर सकते हैं

राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि दस लीटर डीजल पर अनुदान मिलेगा प्रति एक लीटर डीजल की खरीद पर पचास रूपये अनुदान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि अब तक सत्रह लाख छब्बीस हजार पांच सौ इक्यासी किसानों ने रबि मौसम में डीजल अनुदान के लिये आवेदन किया है नवादा के रजौली प्रखण्ड के सवैयाटांड़ पंचायत में अबरख खदान ललकी माइंस में चाल धंसने से चार मजदूरों की मौत हो गयी जबकि डेढ़ दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गये घायलों को इलाज के लिये कोडरमा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों में कई की हालत चिंताजनक बनी हुयी है खदान में काम करने वाले अधिकतर मजदूर बिहार और झारखण्ड के हैं सेना बहाली की सामान्य प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में एक साल से फरार चल रहे नामजद आरोपी वीरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ टुन्न् को पटना पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के उसरी में गिरफ्तार किया है आरोपित दानापुर छाबनी क्षेत्र के शनिचरा स्थान का रहने वाला है पुलिस सूत्रों ने बताया कि टुन्नू की गिरफ्तारी से इस मामले में आरोपी हवलदार हरीश कुमार राय की संलिप्तता और आरोप लगाने वाले सैन्य अधिकारी मेजर के टी मैथ्यूज के साथ उसके संबंधों का भी खूलासा हो सकेगा प्रदेश में आज राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है बिहार राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के तत्वावधान में आयोजित इस परीक्षा में प्ररे प्रदेश के एक सौ चौबीस परीक्षा केंद्रों पर नवासी हजार सात सौ पांच परीक्षार्थी परीक्षा देंगे यह परीक्षा सुबह नौ बजे से दिन के ग्यारह बजे के बीच होगी राज्य सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट और सीनेट सदस्यों का मनोनयन कर दिया है

रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग तैंतीस पर कुज्जु थाना क्षेत्र अंतर्गत पैंकी मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में बक्सर के एक ही परिवार के नौ सदस्यों समेत दस लोगों की मौत हो गयी पूर्वी चंपारण जिले के मूजफ्फरपूर नरकटियागंज रेलखण्ड पर जीवधारा बंगरी के रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से ड्यूटी पर तैनात एक गैंगमैन की मौत हो गई भागलपुर जिले में सुलतानगंज थाना क्षेत्र के नोनसर गांव के पास सुलतानगंज देवघर मार्ग पर बोलेरो और स्कूटी की टक्कर में दो छात्रों की मौत हो गई बेगूसराय जिले के मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल बस स्टैंड से पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया

मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरवा गांव में पुलिस ने नकली अवैध शराब फैक्ट्री का उदभेदन कर भारी मात्रा में स्प्रिट शराब बनाने का उपकरण रैपर समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने क्रमश बारह करोड़ और दस करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किये पटना में आज ग्रीन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने स्वच्छ और हरित शहर को बढ़ावा देने के लिये आयोजित मैराथन को गांधी मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सासाराम में आगामी सोलह से अठारह मार्च तक राज्य सॉफ्ट टेनिस चैपियनशिप का आयोजन किया जायेगा इस तीन दिवसीय चैंपियनशिप में पुरूष और महिला जूनियर सब जूनियर कैडेट वर्ग में एकल और युगल मुकाबले होंगे पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेले जा रहे पंद्रहवीं राष्ट्रीय पैरा एथेलेटिक्स चैंपियनशिप में पंद्रह सौ मीटर दौड़ के विभिन्न आयु वर्ग में बिहार के शेखर चौरसिया और रजत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरो को अपनी सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण का शीर्ष है लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज आंध्र प्रदेश सिक्किम ओडिशा और अरूणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी होगी घोषणा हिन्दुस्तान ने लिखा है नया पाक आतंकवाद पर नई कार्रवाई करे दैनिक भास्कर की सुर्खी है भाजपा संसदीय बोर्ड का फैसला अडवाणी जोशी जैसे पहचत्तर पार नेता भी लड़ेंगे चुनाव प्रभात खबर ने चुनाव आयोग के निर्देश को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है चुनाव आयोग की चेतावनी जवानों की तस्वीरों का इस्तेमाल न करें पार्टियां आज अखबार लिखता है भगोड़ों को वापस लायेगी मोदी सरकार